राज्यपाल श्री मिश्र ने मुख्यमंत्री से इन घटनाओं को लेकर थिंता जताई इस पर मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को बताया कि इन सभी घटनाओं को राज्य सरकार ने संज्ञान में ले लिया है और पुलिस इनकी जांच कर रही है उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और सभी घटनाओं पर पूरी जांच के साथ कार्रवाई की जाएगी उधर करौली जिले के सपोटरा के ब्रकना गांव में देर रात लाए गए पुजारी के शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका है

परिजनों का कहना है कि उनकी मांग पूरी होने के बाद ही शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा

जयपुर सीकर झुंझुनूं प्रतापगढ़ और बीकानेर सहित अन्य जिलों में भी शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है कोरोना महामारी को देखते हुए मतदान के दौरान मतदान केन्द्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है

वित्त मंत्रालय ने सभी करदाताओं से विस्तारित तिथि का लाभ उठाने का अनुरोध किया है वार्षिक रिटर्न केवल दो करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक लेनदेन वाले करदाताओं के लिए अनिवार्य है पांच करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक बिक्री के लिये समाधान विवरण जमा कराना होगा

कार्यक्रम में शामिल करने के लिए लोग अपने विचार और सुझाव नमो एप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं